श्री भागवत ने संघ के सक्षम प्रकल्प के दस साल पूरे होने के अवसर पर जयपुर के जामडोली में आयोजित कार्यक्रम में कल यह बात कही उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को आज करुणा की नहीं बल्कि सहायता की जरूरत है और उनके सक्षम बनने तक हमारा अभियान नहीं रुकेगा इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिव्यांगों की अलग अलग श्रेणी बनाने के बाद यूनिक आईडी बनाने का काम शुरू किया है जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है

सप्ताह के तहत आज पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है इस ॅअवसर पर विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से बुजुर्गो का सम्मान किया जा रहा है जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले वृद्धजन को सम्मानित किया जायेगा आज से ही वन्य जीव सप्ताह की शुरूआत हो रही है

वहीं सरिस्का और रणथम्भौर अभ्यारण्य आज से पर्यटकों के लिये खुल गये है

इस पर्व का आयोजन देश की सशस्त्र सेनाओं के बलिदान साहस और शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था

कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों ने सेना के पराक्रम और वीरता के बारे में जानकारी दी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीडी निर्वाण ने सेना में अपने अनुभव सांझा करते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के बारे में विस्तार से बताया इससे पहले रीजनल आउटरीच ब्यूरो की नोडल ऑफिसर और पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अपने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में सेना के पराक्रम के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं बाड़मेर जिले की नवातला जैतमाल ग्राम पंचायत में भी फील्ड आउटरीच ब्यूरों की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ

सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर मनाए जा रहे पराक्रम पर्व के मौके पर ये प्रदर्शनी लगायी गई थी

युवा भी इस अभियान में बढ चढ कर अपना दायित्व निभा रहे हैं

प्रभाग ने अपनी स्थापना के अस्सी वर्ष पूरे कर लिये है इस अवसर पर आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है